प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण में विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की कहा परीक्षा से डरे नहीं इसे उत्सव की तरह लें

शुरुआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 पीएम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड संक्रमण की स्थिति पर चर्चा के लिए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे यह बैठक कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ रहे मामालों को देखते हए बुलाई गई है प्रधानमंत्री इस वर्च्अल बैठक में टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा करेंगे

उन्होंने देश के विभिन्न भागों में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और उभर रही दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने को कहा था

खुराक लेने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड को हराने के लिए टीकाकरण जैसे ही कुछ उपाय उपलब्ध हैं उन्होंने पात्र लोगों से जल्द से जल्द टीका लगाने का अनुरोध किया

इस दिन सभी सरकारी कार्यालय प्रतिष्ठान बैंक आदि बंद रहेंगे इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है वहीं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्मिक विभाग ने मध्यपूर उपच्नाव के लिए होने वाले मतदान में भाग लेने के लिए किसी कारोबार औद्योगिक उपक्रम प्रतिष्ठान आदि में नियोजित व्यक्तियों को अवकाश देने का निर्देश दिया है विभाग ने कहा कि वैसे कोई भी व्यक्ति जो चुनाव के दिन मतदान का हकदार है उनका अवकाश स्वीकृत करना होगा

इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है हालांकि यह आदेश उन नियोजकों में नहीं लागू होगा जिनकी सेवा आवश्यक समझी जायेगी तबादला राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों का स्थानांतरण किया है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त के सचिव मोईनउदीन खान को झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक के पद पर पदस्थापित किया है वहीं श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के संयुक्त निदेशक राधेश्याम प्रसाद को स्थाानांतरित कर उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड के सचिव के पद पर पदस्थापित किया है

उन्होंने कल परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चअल संस्करण में विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की श्री मोदी ने उनके साथ तनाव और चिंता से मुक्ति के मंत्र साझा किये श्री मोदी ने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनंद लेने दें प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा है कि उन्हें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए बल्कि इसे उत्सव की तरह लेना चाहिए प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि समय के प्रबंध के बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करें श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को शुरू में मुश्किल विषय हल करने का प्रयास करना चाहिए कठिन विषयों को सुबह के समय और आसान विषयों को उसके बाद हल करना चाहिए क्योंकि प्रातकाल में दिमाग तरोताजा रहता है उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि मुश्किल विषयों को न छोड़ें क्योंकि कठिन परिश्रम से कोई भी काम सम्पन्न किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि खाली समय में बच्चे अपने माता पिता और भाई बहनों के काम में सहायता कर सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि अगर अभिभावक बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं तो बच्चों की रूचि प्रकृति और प्रवृत्ति को समझना आसान होता है यात्री सेवा गोड्डा जिले में आज से भारतीय रेल की यात्री सेवा प्रारंभ हो रही है गोड्डा रेलवे स्टेशन भारतीय रेल की वेबसाइट पर भी शामिल हो गया है आज शाम केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हमसफर एक्सप्रेस को गोड्डा से दिल्ली के लिए ऑनलाइन रवाना करेंगे यह ट्रेन गोड्डा पोड़ैयाहाट हंसडीहा होते हुए भागलपुर जाएगी फिर क्यूल और गया होते हए इलाहाबाद से दिल्ली तक जाएगी इधर गोड्डा जिला के वरिष्ठ नेता एवं भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव मेहता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल मंत्री एवं सांसद निशिकांत दुबे का आभार जताया है

जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था इसको लेकर प्रार्थी प्रणय कुमार राय और प्रवीन कुजुर ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी

इससे लोगों गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी

बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कोडरमा घाटी के नौवां माइल के पास तीखे मोड़ होने के साथ साथ ढलान वाली सड़क है जिसके कारण आए दिन यहां पर दुर्घटना होती रहती है

जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है

राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों और आज से लागू हो रहे नये दिशा निर्देशों के लागू होने की खबर को पहली खबर बनाया है

दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की खबर को पहले पेज पर बॉटम खबर के रूप में प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान टाईम्स ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने वैक्सीन स्टॉक से जुड़ी खबर को पहली खबर बनाया है